पीएम वाराणसी लोकसभा चुनाव परिणाम आने के बाद नरेन्द्र मोदी आज पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे इसके बाद श्री मोदी ने बाबा विश्वनाथ मंदिर जाकर बाबा विश्वनाथ के दर्शन किये और उनका आशीर्वाद लिया बाद में भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि वे देश की पूरी ईमानदारी के साथ सेवा करेंगे उन्होंने कहा कि भाजपा एक लोकतांत्रिक दल है श्री मोदी ने उनमें विश्वास व्यक्त करने के लिए लोगों का आभार भी व्यक्त किया श्री मोदी वाराणसी संसदीय क्षेत्र से लोकसभा के लिए दूसरी बार भारी मतों के अंतर से चुने गए हैं सभो से पूर्व श्री मोदी ने काशी की जनता का धन्यवाद करते हुए पुलिस लाइन से काशी विश्वनाथ के छह किलोमीटर लंबे रास्ते से गुजरेंगे जहां बीच में कई स्थानों पर भाजपा कार्यकर्ता ने उनका अभिनंदन किया

बैठक में हार के कारणों पर चर्चा की गई सुत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री ने मंत्रियों को चुनाव को लेकर अपने अपने अनुभव रखने की खुली छूट दी थी मंत्रियों ने कहा कि सरकार ने वचन पत्र को निभाया

मंत्रालय में हुई यह बैठक करीब ढाई घंटे चली बताया जा रहा है कि बैठक में मंत्रियों ने मुख्यमंत्री से कहा कि भाजपा बार बार सरकार गिराने की बात फैलाकर लोगों को भ्रमित कर रही है ऐसे में विशेष सत्र बुलाकर बहुमत साबित कर देना उचित होगा मुख्यमंत्री ने मंत्रियों को आश्वस्त किया कि सरकार को किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है बैठक में सरकार के आगामी कार्यक्रमों पर भी चर्चा हुई

इस दौरान मंत्री परिषद के सदस्यों को भी पद की शपथ दिलाई जाएगी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के संसदीय दल का नेता चुने जाने के बाद श्री मोदी ने शनिवार रात को राष्ट्रपति कोविंद से भेंट कर नयी सरकार बनाने का दावा पेश किया था उच्च न्यायालय वाड्रा दिल्ली उच्च न्यायालय ने रॉबर्ट वाड्रा की अग्रिम जमानत रद्द किए जाने के प्रवर्तन निदेशालय के अनुरोध पर वाड्रा और उसके निकट सहयोगी मनोज अरोड़ा से जवाब मांगा है न्यायमूर्ति चंद्रशेखर ने सुनवाई अदालत के पहली अप्रैल के वाड्रा को जमानत देने संबंधी आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर वाड्रा को नोटिस जारी किया है अदालत में प्रवर्तन निदेशालय की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि वाड्रा को हिरासत में लेना इसलिए जरूरी है क्योंकि वह प्रछताछ में सहयोग नहीं कर रहा और सुनवाई अदालत ने अपना आदेश जारी करते समय अपराध की गंभीरता पर चर्चा नहीं की थी

इसकी सुनवाई धनशोधन निवारण कानून के प्रावधान के तहत की जा रही है

इस मौके पर पूर्व प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी पूर्व उप राष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी और कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी ने पंडित नेहरू को उनके स्मारक शांतिवन में श्रद्वांजलि दी इस अवसर पर एक सर्वधर्म प्रार्थना सभा का भी आयोजन किया गया

मुख्यमंत्री कमल नाथ ने पंडित नेहरू को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी मुख्यमंत्री ने कहा कि पण्डित नेहरू ने भारत की अनेकता में एकता की विरासत को समुद्ध बनाये रखते हुए भारत की अखंडता कायम रखी वे आधुनिक भारत के निर्माता थे उनके बिना अखंड भारत की कल्पना नहीं की जा सकती मुख्यमंत्री ने कहा कि पण्डित नेहरू साम्प्रदायिकता के घोर विरोधी थे जम्मू कश्मीर आयुष्मान केन्द्र सरकार ने जम्मु कश्मीर में आयुष्मान भारत के अंतर्गत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के कामकाज की प्रगति की सराहना की है राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ इंदू भूषण ने राज्य के मुख्य सचिव बी वी आर सुब्रह्मण्यम को भेजे पत्र में सबसे निचले स्तर के लाभार्थियों तक प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के फायदे पहुंचाने की व्यवस्था के लिये राज्य प्रशासन के प्रयासों की सराहना की है

जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने भी इतनी बड़ी सफलता के लिए राज्य प्रशासन को बधाई दी है पेयजल आपूर्ति लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री सुखदेव पांसे ने कहा है कि गर्मी के मौसम में पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करना राज्य सरकार की पहली प्राथमिकता है इसके लिए प्रत्येक जिले में बनाई गई कार्य योजना पर गंभीरता से अमल करने के निर्देश दिए गए हैं श्री पांसे कल भोपाल में अधिकारियों के साथ प्रदेश में पेयजल समस्या निराकरण के प्रयासों की समीक्षा कर रहे थे श्री पांसे ने कहा कि गत वर्षो में प्रदेश में हुई कम वर्षा से गिरते भू जल स्तर को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक है कि वर्षा के जल का अधिक से अधिक संग्रहण किया जाए उन्होंने प्रदेशवासियों के सहयोग से जल संग्रहण कर जन जागृति अभियान चलाने को कहा पेयजल स्रोतों के बेहतर इस्तेमाल को लेकर कल भोपाल में एक कार्यशाला का आयोजन भी किया गया है इसमें विषय विशेषज्ञों के माध्यम से विभागीय अधिकारियों और स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों को प्रशिक्षित किया जायेगा जल अभियान प्रदेश में पड़ रही भीषण गर्मी और जल संकट को देखते हुए राज्य के कई जिलों में जल बचाओ अभियान चलाया जा रहा है

इसके अंतर्गत एनएसएस के सदस्यों ने माई नदी का निरीक्षण किया और घाटों की सफाई की राज्यपाल राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कटनी कलेक्टर पंकज जैन को बेटी का आंगनवाड़ी केंद्र में प्रवेश कराने पर बधाई दी है श्री जैन को भेजे पत्र में राज्यपाल ने कहा कि लोक सेवक समाज में प्रेरणा के केंद्र होते हैं उनके आचरण का समाज अनुकरण करता है राज्यपाल ने लिखा कि कर्त्तव्यों के प्रति इस सजगता ने उन्हें प्रभावित किया है इस प्रयास से अन्य शासकीय सेवकों का दायित्वबोध भी बढ़ेगा श्रीमती पटेल ने लोगों से भी अपने बच्चों का दाखिला आंगनबाड़ी केंद्रों और सरकारी स्कूलों में कराने की अपील की है गौरतलब है कि करीब एक महीने पहले कटनी कलेक्टर पंकज जैन ने बेटी पंखुड़ी का प्रवेश आंगनवाड़ी केंद्र में कराया गया था मौसम राजस्थान की ओर से आ रही गर्म हवाओं के कारण प्रदेश में गर्मी का भीषण दौर जारी है